प्रदेश में चुनाव डियूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्थानों पर पूर्वाभ्यास का आयोजन लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चरम पर राजनैतिक दलों के नेता नुक्कड़ सभाएं कर लोगों से मांग रहे हैं सहयोग

जयराम ठाकुर वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी मण्डी जिले के डैहर करसोग और कुल्लू जिले के गड़सा में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत को सामने देख कांग्रेस नेता राजनीतिक हताशा के चलते बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं जो सही नहीं है जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है मगर इसमें सही भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह पर पार्टी के कुछ नेता भ्रामक बयानबाजी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि छोटे नेता एक अनुभवी राजनेता को सलाह देने का कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है और राष्ट्रहित में उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाना समय की मांग है इस मौके पर पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता अपनी नाकामियों का ठिकरा भाजपा पर फोड रहे हैं मगर जनता सब जानती है उन्होंने कहा कि सांसद रहते हुए उन्होंने मण्डी संसदीय क्षेत्र के लिए कई बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत करवाई है

उधर किन्नौर जिले में कल्पा के सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर ने आज आदर्श मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया

पूर्वाभ्यास के दौरान चुनाव प्रक्रिया का पूरा ज़िम्मा महिलाओं ने संभालाकर मिसाल पेश की मास्टर ट्रेनर व तहसीलदार गणेश ठाकुर ने बताया कि महिलाओं ने इस आयोजन में बढ़चढ़ कर भाग लिया और चुनाव प्रक्रिया की बारिकी से जानकारी दी उधर बिलासपुर जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव डयूटी के लिए तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को आज बिलासपुर के लुहण् मैदान में दूसरे चरण का पूर्वाभ्यास करवाया गया

स्वीप लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

स्वीप टीम के सहयोग से आयोजित नाटी के माध्यम से महिलाओं ने हाथ में मतदाता फोटो पहचानपत्र लेकर आसारा वोट आसारा अधिकार के तहत लोगों को मतदान के महत्व के बारे जागरूक किया लक्ष्मी नारायण देवता के सम्मान में आयोजित मेले की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त यूनुस ने की उन्होंने मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनाव में हर नागरिक को मतदान करने की अपील की यूनुस ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के अलावा ऐसे आयोजन से जहां महिलाओं में सौहार्द व सदभाव मजबूत होता है वहीं उनके मनोबल को भी बढ़ावा मिलता है इधर शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में स्वीप के तहत धरोगड़ा जलोग संधोआ व ओगली में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र के तहत विकासनगर में भी ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित किया गया बयान भाजपा भाजपा नेताओं ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों में सत्ता को लेकर भारी घमासान है और हर पार्टी में प्रधानमंत्री पद के कई कई दावेदार है शिमला से जारी अलग अलग बयानों में भाजपा नेता वीरेन्द्र कंवर और राजीव सहजल ने कहा है कि देश में मौजूदा परिस्थितियों में नरेन्द्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत होगी और देश में कांग्रेस की स्थिति पिछले चुनाव से भी अधिक खराब रहेगी आग ऊना जिला के हरोली उपमंडल के पंडोगा गांव में आज दोपहर आग लगने से प्रवासी मजदूरों की पांच झुग्गियां जलकर राख हो गई जिसमें सात वर्षीय बालक जिंदा जल गया मृतक की पहचान बिहार के भागलपुर जिला के बादल कुमार के रूप में हुई है हादसे के समय सभी काम पर गए थे और झुग्गियों में सिर्फ छोटे बच्चे ही थे

मतदान के लिए अब दो सप्ताह से कम का समय शेष बचा है ऐसे में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचने लगा है इसी कड़ी में भाजपा व कांग्रेस के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां व नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को रिझाने में जुटे हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाक्र ने आज जसवां परागपुर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्ता में आने पर अफ़स्पा और देशद्रोह कानून को खत्म करने की घोषणा को देश विरोधी करार दिया है उन्होंने कहा कि सेना और सीमा पर तैनात सैनिकों के सामने मुश्किल हालात पैदा होंगे अनुराग ठाकुर ने कहा कि आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अफ्स्पा कानून उनके कवच का काम करता है और कांग्रेस इसे कमजोर करने की बात कर रही है इस मौके भाजपा नेता व उद्योग मंत्री बिकम ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया दोनों नेताओं ने लोगों से सहयोग का आग्रह किया पवन काजल कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने भाजपा पर शाहपुर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है अपने चुनाव प्रचार के दौरान आज शाहपुर के छतड़ी में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद शांता कुमार ने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करवाया जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में यहां अनेक योजनाओं की शुरूआत हुई है पवन काजल ने भाजपा सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी करार देते हुए कहा कि पिछले लम्बे समय से विभिन्न सरकारी विभागों में ओबीसी के बैक लॉग को नहीं भरा जा रहा है इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों का दौरा कर लोगों से चुनाव में समर्थन मांगा

कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी के शाट गांव में एक चुनाव जनसभा में उन्होंने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है और किसी भी पार्टी के पास नरेन्द्र मोदी के मुकाबले कोई भी सशक्त नेता नहीं है